आय्र्वेद दिवस के अवसर पर दो अत्याध्निक आय्र्वेदिक संस्थानों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह बात बडे प्रसन्नता की है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है ये संस्थान हैं गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद अध्ययन और अन्संधान संस्थान और राजस्थान के जयप्र में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए च्ना है श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आय्र्वेद के ज्ञान को ग्रंथों शास्त्रों और न्स्खों के दायरे से बाहर निकाला जाना चाहिए और इस प्राचीन ज्ञान को आध्निक आवश्यकताओं के अन्सार ढाला जाना चाहिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस ने इस अवसर पर एक वीडियो संदेश भेजा है और परंपरागत दवाओं को बढावा देकर स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को प्रा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की वचनबद्वता की प्रशंसा की है

म्ख्यमंत्री ने राज्यपाल से होलोंगी एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या चार सौ पंद्रह और अन्य सड़कों और हाल ही में सरकार के विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी श्री खांड् ने पंचायत और शहरी निकायों के लिए घोषित च्नाव कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी

राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा और म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने प्रदेशवासियों को दीपावली की श्भाकामनाएं देते हुए राज्य में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है उन्होंने लोगों से ध्वनि प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की अपील की है

उन्होंने कार्यकारी एजेंसी से सड़क की मरम्मत कार्य को जल्द प्रा करने को कहा गौरतलब है कि वर्षा से यह मार्ग तीन जगह पर बहत अधिक क्षतिग्रस्त ह्आ है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या चार सौ पंद्रह पर ईटानगर से नाहरलगुन के बीच यातायात भीड़ को कम करने के लिए ईटानगर जोलांग पाप्नालाह मार्ग काफी मायने रखता है म्ख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण विभाग मंत्री के सलाहकार फ्रपा सेरिंग विधायक ताना हाली तारा तेची कासो जिगन् नामचूम और विधायक ओजिंग तासिंग भी मौजूद थे

राज्य में कोविड रिकवरी दर नब्बे दशमलव पांच दो प्रतिशत है और एक हजार चार सौ चालीस में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तेरह वेस्ट कामेंग से सात चांगलांग से पांच ईस्ट सियांग से चार मामले दर्ज किए गए वहीं अपर स्बनसिरी लोहित औरअपर सियांग जिले से तीन तीन लोअर दिबांग वैली और वेस्ट सियांग जिले से दो दो और लेपारादा और लोंगडिंग जिले से एक एक मामले शामिल है

इस अवसर पर अस्पताल के मेडिकल स्परिटेंडेंट डॉ वाई आर दारांग ने कोविड दिशानिर्देशों के पालन में ढिलाई न बरतने की अपील की